स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियुराम वाघे प्रदेश कांग्रेस उपाध्याक्ष राजेन नानी नेशनल पीपूल्स पार्टी के विधायक तापक ताक् और म्च् मिथि जे डी यू विधायक तेची कासो और पी पी ए के सदस्य काहफा बेंगिया और कामेंग रिंग् मौजूद थे राज्यपाल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के स्झावों को स्वीकार करते हुए उनसे इस महामारी से निपटने के लिए एक जुट प्रयास करने का सुझाव दिया राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और इससे बचाव के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रदेश के लोगों को मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और नियमित अंतराल पर हाथों को और कार्यस्थल को सेनेटाइज करने के लिए उन्हें जागरुक करने का आहवान किया उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने को कहा राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि टीका उत्सव में जनभागीदारी जन जागरुकता और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार से इस महामारी पर काबू पाया का सकेगा बैठक के दौरान कई दलों के नेताओं ने कोविड की निश्ल्क जांच सभी उम्र के लोगों को कोविड का टीका देने प्रदेश के सभी इंट्री प्वाइंट पर सख्त कोविड जांच क्वारंटिन स्विधाओं को बढ़ाने बड़ी संख्या में लोगों के एक जगह एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का सुझाव दिया राज्यपाल ने प्रदेश में य्वाओ में बढ़ती नशे की लत पर सभी दलों के प्रतिनिधियों से सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए म्हिम चलाने का आहवान किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्सार कल उनतीस लाख तैतीस हजार से अधिक कोविड के टीके लगाये गये पिछले चौबीस घंटे में एक लाख अइसठ हजार से अधिक कोविड के नये मामले सामने आयें और पचहत्तर हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए इस दौरान कोरोना से नौ सौ चार लोगों की मृत्यु ह्ई इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के चार नए मामले सामने आए जिसमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन और वेस्ट कार्मेग जिले से एक मामला शामिल है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या छत्तीस है और कल कोविड जांच के लिए एक सौ चौवालीस सैंपल एकत्र किए गए

चार दिवसीय टीका उत्सव के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक चाउ जिग्नू नामच्ंग जिला उपायुक्त आर के शर्मा प्लिस अधीक्षक डी डब्लू थोंगन जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ एन एस नामच्म सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे उप मूख्यमंत्री ने देश में तेजी से बढ़ते हए कोविड संक्रमण के मद्देनजर पैतालीस वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की उन्होंने चिकित्सकों से स्थानीय स्तर पर लोगों को कोविड से बचाव और टीकाकरण के बारे में जागरुक करने के अलावा जीरो वेस्टेज की नीति का पालन करते हुए एक भी वैक्सीन बर्बाद न करने का आहवान किया

अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने आज तवांग जिला अस्पताल में कोविड टीका उत्सव का श्भारंभ किया उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी मेडिकल स्परिटेडेंट और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड नियंत्रण के मुद्दे पर बातचीत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अरुणाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी डॉ डी पाद्रंग ने बताया कि टीका उत्सव के पहले दिन कल राज्यभर में तीन हजार एक सौ पंचानबे लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया गया जिसमें से दो हजार आठ सौ तिरसठ व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन की पहली ख्राक ली उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश एक लाख छत्तीस हजार तीन सौ इक्यानबे लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है जिसमें से इकतीस हजार चार सौ अड्डारह लोगों ने कोविड की दूसरी ख्राक भी ले ली है इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर चिंपू में आज टीका उत्सव के दौरान पचास से अधिक लोगों ने कोविड का टीका लगवाया स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ यापी ने पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की